उन्हें जून में इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था और कुछ समय से जीवन रक्षक प्रणाली पर थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाजपेयी के देहावसान पर शोक प्रकट किया है श्री कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा कि श्री वाजपेयी का विलक्षण नेतृत्व दूरदर्शिता तथा अद्भुत भाषण उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करते थे

श्री वैंकेया नायडू ने कहा कि वाजपेयी के निधन से देश ने बहआयामी रत्न खो दिया है अपने टवीट में श्री मोदी ने कहा कि अटल जी आज हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी प्रेरणा उनका मार्गदर्शन हर भारतीय को हमेशा मिलता रहेगा

श्री वाजपेयी एक कवि के रूप में भी लोकप्रिय थे

इस बीच केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक अब से क्छ देर बाद बुलायी गयी है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबियत पूछने के लिए नई दिल्ली चले जाने के कारण यह यात्रा स्थगित की गई इस कारण भरतपुर संभाग में सवाईमाधोपुर जिले में यात्रा के अंतर्गत आज का कार्यक्रम नहीं हो सका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव तब तक एक साथ नहीं कराये जा सकते जब तक संविधान में जरूरी संशोधन नहीं किए जाते

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाए

समारोह में ब्यूरो की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गोड़ ने बताया कि पांच दिन की इस प्रदर्शनी में स्कूल और कॉलेजों के पांच हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली प्रधानमंत्री की बेटी बढाओ बेटी बचाओ योजना का चूरू जिले में काफी असर हो रहा है चिकित्सा विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इस अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे इस योजना को बल मिला है और लोगों की सोच में बदलाव आया है

धौलपुर जिले में दो दिन से बारिश का दौर लगातार जारी रहने से चम्बल नदी के किनारे पर बसे गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है झालावाड़ बांसवाड़ा पाली ड्रंगरपुर भरतपुर बीकानेर सहित आसपास के क्षेत्रों में बरसात हई है वहीं नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीस दिन से खेत में वर्षा नहीं होने के कारण फसलें जलने लगी हैं